तीस दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कल सात बैठकें होंगी आज सत्र के पहले दिन ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी और किसान आत्महत्या के मसले पर स्थगन प्रस्ताव लाया इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ बाद में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई आज सदन में भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा अजय चंद्राकर और नारायण चंदेल ने काम रोको प्रस्ताव की सूचना देकर धान खरीदी और किसानों की मौत के मसले पर सदन में तत्काल चर्चा कराने की मांग की श्री चंदेल ने गिरदावरी में गड़बड़ी का आरोप लगाया भाजपा सदस्यों ने विभिन्न किसानों की आत्महत्या का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि इन किसानों को कर्ज नहीं पटा पाने के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा जवाब में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जिन किसानों की मौत का विपक्षी सदस्यों ने जिक्र किया है उन्होंने बैंक से कोई ऋण नहीं लिया था मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की स्थिति मजबूत बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं बीते वर्ष चौदह हजार करोड़ रूपये से अधिक का धान खरीदा गया वहीं करीब छह हजार करोड़ रूपये की राशि किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई लेकिन विपक्ष के सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विपक्ष ने सरकार से प्रति किसान पच्चीस लाख रूपये का मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है लेकिन मंत्री के जवाब में इसका कोई जिक्र नहीं है

लेकिन सरकार के जवाब से असंतृष्ट भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए इसके बाद सदन के नियमों के अनुसार गर्भगृह में पहेंचे सभी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए शोरगुल के बीच आसंदी ने सदन की कार्रवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य हीरा सिंह मरकाम लाल महेन्द्र सिंह टेकाम घनाराम साहू और अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य पूरनलाल जांगड़े के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित पक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी दिवंगत नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की

वे तिरानवे वर्ष के थे श्री वोरा ने आज दोपहर बाद नई दिल्ली के फोर्टिज एस्कार्ट अस्पताल में अंतिम सांस ली श्री वोरा के निधन की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ सहित देशभर में शोक की लहर दौड़ गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री वोरा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे मानवता की प्रतिमूर्ति थे और नेताओं की उस पीढ़ी से थे जिन्होंने अपनी राजनीति में अंत तक उसूलों का पालन किया वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री वोरा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री वोरा कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे वे वृहद प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव के धनी व्यक्ति थे राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्री वोरा के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि श्री वोरा ने सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए और वे अंतिम समय तक समाज के लिए कार्य करते रहे राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्री वोरा के निधन पर शोक व्यक्त करते उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री बघेल ने कहा है कि जमीनी स्तर से राजनीति शुरु करके राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और आजीवन एक समर्पित नेता बने रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें प्रदेश और देश का सर्वमान्य नेता बताया है उन्होंने कहा कि श्री वोरा ने किसानों गरीबों और आदिवासियों के उत्थान के लिए सदैव प्रयास किया

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने श्री वोरा के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपनी श्रद्दांजलि अर्पित की है उन्होंने श्री वोरा के निधन को छत्तीसगढ़ और देश के राजनीतिक परिदृश्य से एक कद्दावर राजनेता का अवसान कहा और इसे अपूरणीय क्षति बताया है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री वोरा कुशल प्रशासक पत्रकार और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर सदैव स्मृतियों में रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के साथ पार्टी के विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और सदस्यों ने भी श्री वोरा के निधन पर दुख जताया है इस बीच राज्य सरकार ने श्री वोरा के निधन पर आज से तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है इस दौरान तेईस दिसंबर तक प्रदेश में स्थित सभी शासकीय भवनों और जहां पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे राजकीय शोक की अवधि में शासकीय स्तर पर मनोरंजक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि श्री वोरा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा

उन्होंने पत्रकारिता से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी वहीं उन्नीस सौ अड़सठ में वे राजनीति के क्षेत्र में उभरकर सामने आए वर्ष उन्नीस सौ सत्तर में श्री वोरा ने विधानसभा का चुनाव जीता और मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए इसके बाद उन्नीस सौ सतहत्तर और उन्नीस सौ अस्सी में श्री वोरा दोबारा विधानसभा में चुने गए उन्हें उन्नीस सौ अस्सी में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया श्री वोरा उन्नीस सौ तिरासी में कैबिनेट मंत्री बने वे मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे वे दो बार अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्नीस सौ अठासी में उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला श्री वोरा उन्नीस सौ तिरानवे से उन्नीस सौ छियानवे तक उत्तरप्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों का खुले मन के साथ समाधान ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छ्क है उन्होंने पत्र में लिखा है कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केन्द्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर हैं स्वास्थ्य मंत्री कोरोना टीका केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोरोना टीका लगाने के लिए तीस करोड लोगों की प्राथमिकता तय की है इनमें स्वास्थ्यकर्मी पुलिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीका पचास वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा पचास वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं इस बीच केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किये गये टीके के समान कारगर होगा वहीं केन्द्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों को इकतीस दिसंबर तक के लिए रद्द कर दिया है इधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कोविड कोर कमेटी की बैठक में अधिकारियों को कोरोना मरीजों के सर्वे कार्य में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों को कोरोना के लक्षण दिखते हैं वे तत्काल जांच कराएं क्योंकि संक्रमण के लक्षणों को छिपाना समाज और परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है वहीं महासमुंद जिले में धान खरीदी केन्द्रों के कर्मचारियों की कोरोना जांच की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है नीति आयोग सराहना भारत सरकार के नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है आयोग की ओर से ट्वीट कर आकांक्षी जिला कांकेर में सीताफल पल्प प्रोसेसिंग के कार्य के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक समृद्ध का उल्लेख किया गया है आयोग ने बढ़ते कदम आत्मनिर्भरता की ओर टैगलाइन से लिखा है कि कांकेर के कई गांवों में महिला स्व सहायता समूह सीताफल के पल्प को संरक्षित कर इसे बाजार में बेहतर कीमत पर बेचने का काम कर रही है बस्तर फुटबॉल मैदान बस्तर संभाग की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए केन्द्र सरकार ने जगदलपुर में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान के निर्माण को मंजूरी दे दी है इसके लिए पांच करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है राज्य सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जगदलपुर में सिंथेटिक फुटबॉल मैदान और रनिंग ट्रैक बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था इसकी स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने खुशी जताई है हत्या आत्महत्या राजधानी रायपुर के पास स्थित अमलेश्वर इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी है यह घटना खुड़मुड़ा गांव की है जहां पहले एक मकान से सास और बह की लाश बरामद हुई वहीं पिता और बेटे का शव पानी के टंकी से मिला है जबकि परिवार का एक ग्यारह वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है पुलिस के अनुसार खुड़मुड़ा गांव में एक परिवार बस्ती से कुछ दूरी पर अपनी बाड़ी में मकान बनाकर रहता था बताया जाता है कि बीती देर रात अज्ञात लोगों ने इस परिवार पर हमला कर दिया राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर मुआयना किया मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि घटनास्थल से काफी अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है वहीं राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बीती रात एक आरक्षक ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली मृतक आरक्षक का नाम विनोद साहू है उधर सुकमा जिले के गोरगुंडा स्थित तोयापारा में पिछले दिनों हुई एक दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अंधविश्वास के चलते इस दंपत्ति की हत्या करने की बात स्वीकार की है माओवादी खबरें सुकमा जिले में अलग अलग इलाकों से सुरक्षा बलों ने आज पांच माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है कोबरा बटालियन जिला पुलिस बल और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को गिरफ्तार किया इन पर आईईडी विस्फोट और बड़ेसट्टी इलाके में अस्पताल भवन को क्षतिग्रस्त करने की वारदात में शामिल रहने का आरोप है उधर कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र से माओवादियों द्वारा अगवा किए गए पंचायत विभाग के एक सब इंजीनियर को बीती देर रात रिहा कर दिया गया है पुलिस के अनुसार करीब पचास हथियारबंद माओवादियों ने इस सब इंजीनियर को बंधक बना लिया था रिहाई के बाद सब इंजीनियर ने पुलिस अधीक्षक से भेंट कर इस घटना के बारे में जानकारी दी इस बीच सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र किस्टारम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में स्थानीय लोगों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई इसमें जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार और पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रव उपस्थित थे बैठक में बताया गया कि माओवादियों की वजह से किस्टारम इलाके में बंद शासकीय संस्थाओं सहित स्कूल अस्पताल और बिजली विभाग के कार्यालयों को दोबारा शुरू किए जाने पर बातचीत की गई

सांसद छाया वर्मा ने एक कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्यों को ये किताबें वितरित कीं

इस मौके पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनीं

हाल ही में इस भालू के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी